श्री मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस सुविधा की शुरूआत की द्वीप समूह के लिटिल अंडमान कार निकोबार कमोर्टा ग्रेट निकोबार लॉग आइलैंड इस सुविधा से जुड गये है

इस मौके पर श्री जावडेकर ने मनुष्यों तथा हाथियों के बीच संघर्ष की स्थिति को लेकर एक वेबसाइट भी जारी की

प्रदेश में जारी सियासी गतिरोध के बीच कल देर शाम जैसलमेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों के साथ बैठक की

इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर उनसे प्रदेशवासियों के हित में ँखड़े होने की अपील की थी इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी आगामी रणनीति पर मंथन के लिए कल विधायकों की बैठक बुलाई है

युवाओ को रोजगार मुहैया करवाने के लिए प्रशिक्षण प्रबंधन वित्त और बाजार की जानकारी दी जाती है आकाशवाणी से बातचीत में इंस्टीट यूट के निदेशक वी के शर्मा ने बताया कि केन्द्र के सभी उपकमों और विभागों में जैम पोर्टल के जरिए खरीदारी की जाती है कोविड काल में इसका युवाओं के लिए विशेष उपयोग किया गया जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान के पाकिस्तान से लगते सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल कल से ऑपरेशन अलर्ट शुरू करेगा

इस दौरान सीमा पर चौकसी के लिए जवानों की नफरी भी बढाई जायेगी

पूर्वी राजस्थान के कोटा चित्तौडगढ अजमेर बूंदी भीलवाडा प्रतापगढ राजसमंद जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है